पहले चरण के लिए नामांकन पत्र भरने का कल आखिरी दिन है

केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर को ग्वालियर की बजाय मुरैना से टिकट दिया गया है वहीं राकेश सिंह जबलपुर और जनार्दन मिश्रा रीवा से उम्मीदवार बनाए गए हैं पार्टी ने टीकमगढ़ से वीरेंद्र कुमार खटीक दमोह से प्रहलाद पटेल होशंगाबाद से राव उदय प्रताप सिंह सतना से गणेश सिंह सीधी से रीति पाठक पर फिर भरोसा जताया है वहीं भिंड से डॉक्टर भागीरथ प्रसाद का टिकट काटकर संध्या राय को उम्मीदवार बनाया है पिछले दिनों कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुई हिमाद्री सिंह को शहडोल से प्रत्याशी बनाया गया है वहीं मंडला से फग्गन सिंह कुलस्ते चुनावी मैदान में होंगे इस सूची में खंडवा से नंदकुमार सिंह चौहान और मंदसौर से सुधीर गुप्ता को टिकट दिया गया है वहीं उज्जैन से मौजूदा सांसद चिंतामणि मालवीय की जगह अनिल फिरोजिया पर भरोसा जताया है बैतूल से दुर्गेश उइके उम्मीदवार होंगे कांग्रेस सूची कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की आठवीं सूची जारी कर दी है

पार्टी ने वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह को भोपाल से उम्मीदवार बनाया है वहीं टीकमगढ़ से किरण अहिरवार खजुराहो से कविता सिंह शहडोल से प्रमिला सिंह बालाघाट से माधोभगत होशंगाबाद से शैलेंद्र दीवान मंदसौर से मीनाक्षी नटराजन रतलाम से कांतिलाल भूरिया और बैतूल से रामू टेकाम को प्रत्याशी घोषित किया है

आयोग ने मीडिया को परामर्श जारी किया है जिसमें वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफार्म को पहली बार शामिल किया गया है

मतदाता जागरूकता लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में मत प्रतिशत बढ़ाने के लिये जागरूकता अभियान के तहत अनेक कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं होशंगाबाद जिले में तहसील कार्यालय पिपरिया से महिला बाल विकास विभाग और आशा ऊषा कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली रैली में बच्चों ने रंगोली बनाकर शतप्रतिशत मतदान करने का संदेश दिया उधर सिवनी मालवा के आदिवासी बहल्य गांव में स्वीप गतिविधियां चलाकर अधिक से अधिक मतदान के लिये प्रेरित किया जा रहा है शिवपुरी जिले में पिछौर तहसील के गांव बदरवास में दिव्यांग मतदाताओं को मतदान का प्रशिक्षण दिया गया साथ ही नये युवा मतदाताओं को इपिक कार्ड वितरित किये गये और उन्हें मताधिकार के संबंध में जानकारी दी गई

राजधानी भोपाल के पुराने और नये शहर से चल समारोह निकाले जायेंगे आगरमालवा जिले से हमारे संवाददाता ने बताया है कि नगरपालिका परिषद द्वारा एक रंगारंग गैर निकाली जायेगी इसमें एयर कम्प्रेसर से खुशबु वाली गुलाल उड़ाई जायेगी वहीं आदिवासियों की मंडली द्वारा भगौरिया नृत्य डीजे व ढ़ोल भी शामिल होंगे इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं क्षय दिवस आज विश्व तपेदिकरोधी दिवस है

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने टीबी मुक्त भारत के निर्माण के लिये सभी से एक साथ आने का आग्रह किया है